उन्हॉने कहा कि देश के लोगों ने बौद्व धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्द का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्विक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परम्परा के अनुरूप हैं उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उदघाटन किया समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्व परिसंघ ने किया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्द के आदर्शो से ही प्राप्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्द की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी श्री मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महात्मा बुद्द से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को जोडने पर ध्यान दे रही है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में घोषणा की थी कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा इससे अनेक लोग श्रद्वाल और पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्द ने हमें दया और अनुकंपा का महत्व बताया महात्मा बुद्द ने लोगों गरीबों महिलाओं का सम्मान करने और शांति तथा अहिंसा की शिक्षा दो बुद्द के उपदेश इस धरती को सदैव टिकाऊ बनाए रखने के लिए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्द के आठ उपदेश विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरू पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्मकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि गुरू पूर्णिमा गुरू पूजन का पर्व है अपने टवीट संदेशों में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व हमें सत्मार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरूषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है जिन्होने अपने ज्ञान त्याग और तपस्या से समाज राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मामलों पर नियंत्रण के लिए गौतमब्द्वनगर और गाजियाबाद जिलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने के भी निर्देश दिए जो वहां के कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के साथ ही संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के सभी उपाय सुनिश्चित करेगी उन्होंने बुलंदशहर जनपद में भी स्वास्थ्य विभाग की ऐसी ही विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच में और वृद्वि करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर टीपीसीआर जांच विधि से जांच क्षमता को प्रतिदिन पच्चीस हजार टेस्ट से अधिक किया जाए उन्होंने ट्रनेट मशीन और रैपिड एंटिजन टेस्ट से भी जांच क्षमता में व्यापक तेजी लाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों को रोगी के स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी दी जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिये हैं केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गृणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सकों की सलाह प्रसारित की जाती है भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड नाइन्टीन की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि वायरस का प्रनाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संसय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की आकांक्षा के अनुरूप आकाशवाणी से आज संस्कृत में पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है बीस मिनट का पत्रिका कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी एफ एम न्यूज और अन्य मीटरों पर सुबह सात बजकर दस मिनट से सुना जा सकता है रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा